उन्होंने कहा कि अखंडता ईमानदारी जवाबदेही आँडिट और मध्यम अवधि में संशोधन एक मंत्र होना चाहिए देरा नातुंग राजकीय महा विद्यालय ईटानगर में एक्ट ईस्ट पालिसी विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रो में अपार क्षमता और मानव संसाधन है और यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है इस अवसर पर राज्यपाल ने महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर तुंबम रिबा जोमोह द्वारा अरुणाचल प्रदेश की महिलाओ से संबंधित समाजिक मुद्दो पर लिखित एक नाँवेल उस रात की सुबह का विमोचन किया

उन्होंने कहा कि जल्द ही संसद में इसे रखा जाएगा

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में उन्तीस छात्र छात्राओ को आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गई है

इस बैठक के दौरान जिला उपायुक्त ने बताया की दो वर्ष की आयु तक के सभी बच्चो और गर्भवती महिलाओ का टीकाकरण इस मिशन का लक्ष्य है

केंद्रीय दूरसंसार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस व्यवस्था से राष्ट्रीय पैमाने पर सुरक्षा के कार्य होंगे और देश में पर्यावरण से जुड़ी अनुकूल प्रणाली के परीक्षण और प्रमाणीकरण को बेहतार करने के कार्य भी आसान होंगे

शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले विदेशी नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी सर्वोच्च पंक्ति के नेता है

वे नब्बे वर्ष के थे श्री पद्मसी कुछ समय से बीमार चल रहे थे

शुक्रवार को ईटानगर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह को संबंधित करते हुए श्री फेलिक्स ने बताया कि आईपीआर के निदेशक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राज्य के मीडिया संगठनो के प्रतिनिधियो को भी शामिल किया जायेगा उन्होंने बताया कि सूचना एवं जन संपर्क अधिकरियों के पदो पर नियुक्ति के लिए जर्नालिज्म को अनिवार्य बनाने के संबंध में राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को एक सिफारिश भेजी है

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि इस महीने मन की बात विशेष है क्योकि कार्यक्रम अपना पचासवां संस्करण पूरा कर रहा है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगो के सुझाव पर गौर करना सुखद होगा उन्होंने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा

आज का अधिकतम तापमान बीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सौलह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया